प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में भारतीय पायलट को रिहा करने की घोषणा की थी गौरतलब है कि विंग कमाण्डर अभिनन्दन भारत की सीमा में घूस आये पाकिस्तानी विमानों को रोकने के लिये गये थे इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एक विमान को भी मार गिराया था इसी समय उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था भारत ने अभिनन्दन की रिहाई के लिये पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी इसके चलते पाकिस्तान को उनकी रिहाई की घोषणा करनी पड़ी बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है

आज दसवीं की परीक्षा का पहला पेपर तृतीय भाषा संस्कृत उर्द मराठी बंगाली भाषा का हुआ

परीक्षा केन्द्रों पर लगातार निगरानी के लिये उड़न दस्ते भी गठित किये गये हैं ताकि नकल पर रोक लगाई जा सकेगी

उन्होंने कल भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य नगरनिगम आयुक्तों जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे

मतदान वृद्धि के लिये सभी जिलों में बेहतर काम हुआ है

उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हैं उनके लिए दो और तीन मार्च को विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है श्रमोदय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर में श्रमोदय विद्यालय शुरू किये जायेंगे

लोकनिर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अधिकारियों को भवनों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं साथ ही समय सीमा पर पूरा करने के लिये कहा है स्मार्ट क्लास प्रदेश में पांच हजार कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जायेगा शिक्षा की गुणवत्ता और उसे रोजगारन्मुखी बनाने के लिये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है उच्चशिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कल ग्वालियर में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुये यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को अध्ययन के बाद रोजगार की उपलब्ध हो सकें इसके लिये नया पाठ्यक्रम भी र्तयार किया जा रहा है अशंकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

इसके लिये व्यापक तैयारियां की जा रही है